पिछले चौबीस घंटों के दौरान एसकेएमसीएच में केवल छह बच्चे हुये भर्ती

प्रदेश में मॉनसून की बारिश शुरू होने के साथ ही संदिग्ध दिमागी बुखार के मामलों में कमी आयी है मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच के अधीक्षक सुनील कुमार शाही ने बताया कि गर्मी और वातावरण में नमी की मात्रा कम हो जाने के साथ ही दिमागी बुखार से पीड़ितों की संख्या में कमी आयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एसकेएमसीएच में केवल छह बच्चे भर्ती हुये जिनका इलाज चल रहा है यह संख्या पिछले दिनों की तुलना में काफी कम है इधर प्रदेशभर में दिमागी ब्रुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर एक सौ सतहत्तर हो गयी है कल मुजफ्फरपुर में चार तथा सीवान और वैशाली जिले में संदिग्ध दिमागी बुखार से एक एक बच्चों की मौत की खबर है मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में अब तक एक सौ तीस बच्चों की मौत हुयी है इन दोनों ही अस्पतालों में अस्सी बच्चों का इलाज चल रहा है वहीं तीन सौ आठ बच्चों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है प्रदेश में कुपोषण के विरूद्ध बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा दिमागी ब्रखार यानी एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रॉम से बच्चों की मौत के बाद यह कदम उठाया जा रहा है समेकित बाल विकास परियोजना के निदेशक आलोक कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर वैशाली और समस्तीपुर जिलों सहित दिमागी बुखार से प्रभावित राज्य के बीस जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा और असाध्य बीमारियों से होने वाली मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए श्री टंडन ने छात्र राजद के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि विपदा के समय में लोगों को दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर पीड़ितों के उपचार तथा प्रभावित परिवारों को सहयोग देने के लिए तत्पर रहना चाहिए पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय ने कहा है कि अपराधियों के साथ सांठगांठ रखने वाले पुलिस महकमे के अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जायेगा विधि व्यवस्था को लेकर फेसब्रक लाइव पर आम लोगों के साथ संवाद में श्री पाण्डेय ने कहा कि कुछ पुलिसकर्मियों के कारण पूरा महकमा बदनाम हो रहा है उन्होंने कहा कि शराब माफिया भूमि माफिया और बालू माफिया से संबंध रखने वाले प्रलिसकर्मियों की पहचान कर उनपर कड़ी नजर रखी जा रही है श्री पाण्डेय ने कहा कि उनके विभाग के ही कुछ लोग उनका मनोबल गिराने और टांग खींचने में लगे हुये हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जायेगा पुलिस महानिदेशक ने संवाद के दौरान दो टेलिफोन नम्बर शून्य छह एक दो दो दो नौ चार एक सात आठ और नौ चार तीन एक छह शून्य दो तीन शून्य एक जारी किये उन्होंने कहा कि लोग इन नम्बरों पर अपराध संबंधी जानकारियां दे सकते हैं मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय पूर्व विधान पार्षद हुलास पाण्डेय उसके भाई संतोष पाण्डेय और अन्य परिजनों के खिलाफ केस दर्ज करेगा आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों हुलास पाण्डेय के अलग अलग ठिकानों पर हुयी छापेमारी में धन शोधन से जुड़े मामलों के साक्ष्य मिले हैं सूत्रों ने बताया कि एके सैंतालीस राइफल और अन्य हथियारों की तस्करी तथा आपराधिक गतिविधियों से पैसा कमाने की बात भी सामने आयी है झारखण्ड राजद के बागी नेताओं ने नये दल के गठन की घोषणा की है पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने बताया कि नयी पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल लोकतांत्रिक होगा उन्होंने बताया कि नौ सौ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजद से सामूहिक इस्तीफा देकर नयी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है मौसम विभाग ने बुधवार से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना जतायी है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 कल पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले के कई हिस्सों में दस मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गयी विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे और हल्की ब्रंदाबांदी की संभावना बनी हुयी है बुधवार से मॉनसून एक बार फिर सक्रिय होगा जिसके प्रभाव से पांच दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि मछुआरों को मछली पालन योजना पर नब्बे प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा उन्होंने कहा कि मछली उत्पादन बढ़ाने और मछली पालकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये सरकार विशेष कार्ययोजना तैयार कर रही है श्री कुमार ने कहा कि इस कार्ययोजना के तहत मछली पालकों को उत्पादन से लेकर बिक्री तक हर स्तर पर सरकार सहायता प्रदान करेगी भागलपुर जिले इस्माईलपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी

सीतामढ़ी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सतहत्तर पर प्रेमनगर के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी वहीं खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बख्तियारपुर गांव के पास एक ऑटोरिक्शा के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी शेखपुरा जिले के अरियरी गांव से पुलिस ने शराब पीने के आरोप में एक पंचायत सचिव को गिरफ्तार किया है पूर्वी चंपारण जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पेट्रोल पंप से अपराधियों ने एक लाख अस्सी हजार रूपये लूट लिये कर्मचारियों द्वारा विरोध किये जाने पर अपराधियों द्वारा कई राउंड फायरिंग की गयी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी स्टेडियम में आयोजित इंटर जोनल अंडर ट्वेंटी थ्री क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे लीग मैच में सेंट्रल जोन ए की टीम ने नॉर्थ जोन को चौदह रनों से पराजित कर दिया राजस्थान के कोटा में संपन्न अंडर फिफ्टीन कृश्ती प्रतियोगिता के फ्री स्टाइल में बिहार के मुलायम खरवार ने कांस्य पदक जीता है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 हिन्दुस्तान लिखता है मुजफ्फरपुर में बच्चों की आईसीयू बनेगी केंद्र और राज्य की टीम ने सौ बेड के अस्पताल की रूपरेखा पर बैठक की दैनिक जागरण ने इंसेफ्लाइटिस से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है प्रदेश में एईएस से छह और बच्चों की मौत पांच भर्ती प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है सूखे की आहट उनतालीस प्रतिशत कम हुयी बारिश इक्यानवे बड़े जलाशयों में पानी की कमी दैनिक भास्कर की सुर्खी है अब बाढ़ भूकंप और दंगों से वाहन को हुये नुकसान पर मिलेगा बीमा कवर राष्ट्रीय सहारा लिखता है राजस्थान के बाड़मेर में रामकथा के दौरान आंधी बारिश में पंडाल गिरने से चौदह मरे

पिछले चौबीस घंटों के दौरान एसकेएमसीएच में केवल छह बच्चे हुये भर्ती